उन्होंने राज्य के राजनीतिक नेताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने का अन्रोध किया राज्यपाल से कल रात पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूक्मेंट और पीपुल्स कांफ्रेंस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कल जारी सुरक्षा परामर्श और संबंधित घटनाक्रमों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया राज्यपाल ने बताया कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से विश्वसनीय सुराग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है उधर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में तैंतालिस दिन लंबी माचेल माता यात्रा सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है किश्तवाड़ के उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि लोगों से यात्रा शुरू न करने को कहा गया है और जो रास्ते में हैं उन्हें भी वापस जाने के लिए कहा गया है यात्रा पचीस जुलाई को शुरू हुई थी और पांच सितम्बर तक चलनी थी यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्वालु किश्तवाड़ के माचेल गांव में पवित्र तीर्थस्थल में माता दुर्गा के दर्शन करने और पद्दार घाटी घूमने आते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला अभ्यास वर्ग का उद्घाटन दिल्ली में किया भाजपा अव्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अव्यक्ष जे पी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सांसदों को अनुशासित रहने तथा संसद के बाहर और भीतर अपने आचरण के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है कार्यशाला में सभी नव निर्वाचित सांसदों को जन कल्याण से जुड़े मुददों को लोगों तक ले जाने के तौर तरीकों की जानकारी दी जायेगी नमो ऐप और सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी के लिए अलग से एक सत्र रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र दास परमहंस की सोलहवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि देने के लिये आज अयोध्या पहुंचे अयोध्या में मुख्यमंत्री ने भगवान राम की प्रतिमा के लिये प्रस्तावित भूमि सहित कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने दिगम्बर अखाड़ा के अतिथिगृह का लोकार्पण भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परमहंस जी ने अयोध्या के विकास को लेकर जो सपना सजोया था उसे हर हाल में पूरा किया जायेगा सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पहले पचास दिन के कार्यकाल में समी किसानों को पेंशन पाने का हक दिया गया है आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार समी वर्गों का ध्यान रख रही है क्या आखिर पचास दिन में हमने क्या दिया किसान को चौबीस फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य चौदह करोड़ किसानों को छह हजार रूपये प्रतिवर्ष सभी किसानों को पेंशन तीन हजार रूपये मिली ऐसे ही चालिस करोड़ मजदूरों को पेंशन मिले इसकी भी व्यवस्था की है अच्छे वीज रैक्षिक संस्थान का निर्माण होने के लिए उनका सलेक्शन करना जरूरी था हमने केवल छह किए थे अब ये चौदह की लिस्ट भी आ गई है तो ये कुल मिला के सभी क्षेत्रों में जो संकल्प बनाया है कि पांच साल में सड़क रेलये बंदरगाह एयरपोर्ट और सड़क बिजली पानी ये सब अगर तैयार करे अब ये पूरा हो रहा है आकाशवाणी के बारे में उन्होंने कहा कि यह कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे मुझे लगता है हम तो रेडियो को हर एक के हाथ में मोबाइल में रेडियो पूरा सुनेगा इसके लिए एफएम का विस्तार आकाशवाणी का भी विस्तार प्राइवेट लेयर के साथ एफएम भी अ ॉपशन भी तीसरा हो जल्दी तो एक नई नीति कारगर बना रहे कि दूरदर्शन समाचार पत्र और आकाशवाणी तीनों मिलकर जीवन को समृद्ध भी बनाए आनदंमयी भी बनाए और बहुत सारी जानकारी भी देते रहे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं सुचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दो हजार चौबीस तक डिजिटल तकनीक आ जाएगी और इससे एफएम स्टेशनों की संख्या चार गुना तक बढ़ जाएगी उन्होंने पर्यावरण के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि साफ हवा हर नागरिक का जन्मसिद्द अधिकार है जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार प्र कृ ति के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनवद्व है प्रकाश जावड़ेकर के साथ हिन्दी में हुई यह बातचीत आकाशवाणी से आज रात सात बजकर पैंतीस मिनट पर इन्द्रप्रस्थ चैनल से सुनी जा सकती है अंग्रेजी में हुई बातचीत का प्रसारण एफएम गोल्ड पर रात सवा नौ बजे से किया जाएगा